मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गूजरात में बिहार के लोगों पर हुए हमले को गंभीरता से लेते हुए वहां के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से टेलीफोन पर बात की है आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री कुमार ने कहा कि उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री से बिहार के लोगों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने को कहा है साथ ही उन्होंने श्री रूपाणी से इस मामले के दोषी लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है इस बीच गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा है कि मामले की जांच चल रही है और अब तक बयालीस प्राथमिकियां दर्ज हो चुकी हैं उन्होंने कहा कि तीन सौ बयालीस लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है श्री रूपाणी ने कहा कि पीड़ितों के लिये हेल्पलाईन नम्बर जारी की गयी है और वैसी बस्तियों तथा फैक्ट्रियों की सुरक्षा बढ़ा दी गयी है जहां उत्तर भारतीय लोग काम कर रहे हैं गौरतलब है कि गुजरात के सावरकांठा में एक बच्ची के साथ द्ष्कर्म के मामले में बिहार के एक मजदूर की संलिप्तता सामने आने के बाद वहां के कई शहरों में बिहार के लोगों समेत उत्तर भारतीयों पर लगातार हमले हो रहे हैं गुजरात से बिहारियों का पलायन लगातार जारी है उच्चतम न्यायालय ने सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की छात्राओं के साथ मारपीट और छेड़छाड़ की घटना पर गंभीर चिंता जतायी है न्यायालय ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि अखबारों में आये दिन इस तरह की खबरें देखने को मिलती हैं कहीं लड़की का कंकाल मिलता हैं तो कहीं छेड़छाड़ से खूद को बचाने की कोशिश करने पर लड़कियों की सामूहिक रूप से पिटायी कर दी जाती है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कि ऐसी घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं जो बेहद चिंताजनक है न्यायालय ने ऐसे मामलों पर केन्द्र को पीड़ित के साथ साथ आरोपी किशोरों के मनोवैज्ञानिक पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिये एक राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने का सुझाव दिया है प्रलिस मुख्यालय के अपर महानिदेशक एसके सिंघल ने कहा है कि त्रिवेणीगंज मामले में स्पीडी ट्रायल चलाकर पीड़िताओं को न्याय दिलाया जायेगा इस मामले में अब तक दस आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है गिरफ्तार लोगों में पांच महिलाएं भी शामिल हैं घटना के बाद विद्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गयी है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये लगातार छापेमारी की जा रही है राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की बड़ी पुत्री और सांसद मीसा भारती ने स्वीकार किया है कि उनके दोनों भाईयों तेज प्रताप यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव के बीच मनमुटाव है आज पटना के मनेर में एक कार्यक्रम में श्रीमती भारती ने कहा कि प्रत्येक परिवार में मनमुटाव होता रहता है और इससे उनका परिवार भी मुक्त नहीं है उन्होंने कहा कि इस मनमूटाव के पीछे पार्टी के कुछ नेताओं का हाथ है जिन्हें सामने आना चाहिए इधर जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने मीसा भारती की स्वीकारोक्ति के बाद कहा है कि दोनों भाईयों के बीच लोकसभा चुनाव के टिकट को लेकर घमासान मचा हुआ है जिसका परिणाम आने वाले में समय में पार्टी में टूट के रूप में दिखेगा प्रदेश में आज से जमीन की ऑनलाईन दाखिल खारिज व्यवस्था शुरू हो गयी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में इस व्यवस्था की विधिवत शुरूआत की साथ ही ऑनलाईन लगान जमा करने की व्यवस्था की भी शुरूआत की गयी इस नई प्रक्रिया में निबंधन कार्यालयों को अंचल कार्यालयों से जोड़ दिया गया है जिससे जमीन की रजिस्ट्री होते ही अंचल कार्यालय को इसकी जानकारी उपलब्ध हो जायेगी और स्वतः दाखिल खारिज की प्रक्रिया भी शुरू हो जायेगी इस दौरान खरीददार इस रिकार्ड को ऑनलाईन भी देख सकेंगे इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नई व्यवस्था से जमीन की खरीद बिक्री रजिस्ट्री और म्यूटेशन की प्रक्रिया में पारदर्शिता आयेगी और दलालों पर अंकुश लगेगा उन्होंने कहा कि ऑनलाईन प्रक्रिया के शुरू हो जाने से भूमि विवाद और आपराधिक मामलों में भी कमी आयेगी सीवान जिले के बड़हरिया प्रखंड के हरिहरपुर लालगढ़ के एक यूवक में जीका वायरस मिलने की पुष्टि हुई है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि जिस यूवक में जीका वायरस मिले हैं उसके पूरे परिवार के रक्त के नमूने की जांच करवायी जा रही है श्री कुमार ने बताया कि पीड़ित जयपुर में रहता है और परीक्षा देने के लिये सीवान आया हुआ है उन्होंने बताया कि जीका वायरस मिलने के बाद सभी जिलों को एडवाजरी जारी की गयी है जीका ब्रखार एक वायरस जनित बुखार होता है जो मच्छरों के काटने से फैलता है बुखार के साथ साथ जोड़ों में दर्द सरदर्द और शरीर पर लाल चकते हो जाते हैं गया का विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला आज समाप्त हो गया पितृपक्ष के अंतिम दिन गया में पिंडदानियों की भारी भीड़ देखी गयी हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले पंद्रह दिनों के दौरान देश विदेश के लाखों श्रद्धालुओं ने पितरों का पिंडदान किया इस अवसर पर आज शाम विष्णूपद मंदिर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया पटना के इंदिरा गांधी आयूर्विज्ञान संस्थान में एक नवम्बर से हृदय की बाईपास सर्जरी होगी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि यह ऑपरेशन सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत शुरू की जायेगी इसके लिये मरीजों को मुख्यमंत्री चिकित्सा अनुदान योजना के तहत एक लाख अस्सी हजार रूपये तक की सहायता प्रदान की जायेगी मुंगेर जिले में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से किसानों के खेतों की उपज शक्ति बढ रही है और फसल का अधिक उत्पादन भी हो रहा है हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट संवाददाता रिपोर्ट मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से किसानों को अपनी खेत की मिटटी के पोषक तत्व के बारे में उपयोगी जानकारी मिल रही है एक महिला किसान ने बताया कि जब से मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड बना है रासायनिक उर्वरकॉ पर उनकी निर्भरता भी कम हुई है

आकाशवाणी समाचार के लिए मुंगेर से श्रीकृष्ण प्रसाद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से हृदयकांत मिश्र मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के लाईसेंसी पिस्टल बंदूक और छह कारतूस को पुलिस ने आज जब्त कर लिया है लोक नायक जयप्रकाश नारायण को आज उनकी पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गयी इस अवसर पर जेपी के पैतृक गांव सिताब दियारा सहित प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन कर लोक नायक को याद किया गया जमुई जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र अंतर्गत करडी गांव से पूलिस ने पैंसठ कार्टन शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है वहीं बेगूसराय जिले के बलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या इकतीस पर एक ट्रक से भारी मात्रा में शराब जब्त की गयी है इधर कटिहार नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने छापेमारी कर दो सौ चौहत्तर पैकेट शराब के साथ दो महिला तस्करों को गिरफ्तार किया है मुजफ्फरपुर जिले के सरैया थाना क्षेत्र अंतर्गत ऐमा में अपराधियों ने एक पेट्रोल पंप मालिक से हथियार के बल पर पांच लाख रूपये लूट लिये कटिहार जिले के सहायक थाना क्षेत्र से पुलिस ने कालाबाजारी के लिये ले जाये जा रहे तिरसठ बोरा खाद के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है सीतामढ़ी जिले के सभी प्रखंड मुख्यालयों में दस और ग्यारह अक्टूबर को कैंप लगाकर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका चयन में बरती जा रही अनियमितताओं से संबंधित शिकायतों का निपटारा किया जायेगा